उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर के बाद पुलिस विभाग को प्राथमिकता देने की जरुरत पर बल दिया श्री मैन ने पुलिस विभाग को नए वाहन मुहैया कराने और आजकल के नए तरह के अपराधो के साथ व्यवहार करने के लिए पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया प्रदेश में पुलिस की चुनौती नामक प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित संगोष्ठी को उप मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे आठ नवम्बर दो हजार अठारह को आयोजित होने वोले प्रदेश पुलिस राईजिंग दिवस के अंतर्गत इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था

रक्षा मंत्रालय के सुत्रो के मुताबिक रक्षा मंत्री छह नवम्बर को अरुणाचल का दौरा कर सैनिको के साथ दिपावली मनाऐंगे इस दौरान वह अपरेशनेल तैयारी और सैन्य बलो से संबंधित अन्य मुद्दो की भी समीक्षा करेंगे

छात्र संघ ने राज्य सरकार और गृह मंत्रालय से एक जांच समिति गठित कर इस तरह के कृत्य के अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की भीड़ के इस हमले से निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुचा है और साथ ही यह हमला जिला प्रशासन के प्रति अवज्ञा है जिसके उपर कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है छात्र संघ ने कहा की अर्धसैनिक बलो का इस तरह से पुलिस पर हमला करना अनुशासन का उल्लंघन करना है और इसे दृड़ता के साथ निपटाया जाना चाहिए साथही आपसु ने कहा की इस तरह के विद्रोह का लोकतांत्रिक सेट अप में कोई जगह नही है

अधिसूचना के अनुसार अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अठहत्तर रुपये अठहत्तर पैसे प्रतिलीटर होगी जबकि एक लीटर डीजल तिहत्तर रुपये छत्तीस पैसे का मिलेगा मुम्बई में पेट्रोल बयासी रुपये अट्ठाइस पैसे और डीजल छिहत्तर रुपये अटठासी पैसे प्रति लीटर उपलब्ध होगा पिछले अटठारह दिनों में पेट्रोल की कीमत में चार रुपये पांच पैसे और डीजल की कीमत में दो रुपये तैंतीस पैसे प्रति लीटर की कटौती की जा चुकी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है केंद्रीय प्रद्रषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज दोपहर बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक दो सौ नो था इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगो को दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से संबंधी शिकायते ट्विटर और फेसबुक पर दर्ज कराने को कहा है

अब जन सेवा केंद्रो पर रसोई गैस सिलेन्डर रीफिलिंग नए कनेक्शनों के लिए बुकिंग और सिलेन्डरो के वितरण जैसी सेवाए उपलब्ध हो सकेगी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि यह समझौता दूरदराज के इलाको में रहने वालों को रसोई गैस संबंधी सेवाए देने में एक ऐतिहासिक कदम है

आज नई दिल्ली में उद्यमशीलता और कारोबार विकास पर दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुर्वेद के बाजार में विस्तार के लिए पिछले चार वर्षो में कई नई पहल की है उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद की बीस लाख दवाये उपलब्ध है क्षी नाइक ने कहा कि इस संगोष्ठी का आयोजन युवा उद्यमियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोतसाहित करने और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है

गुवाहाटी में शुक्रवार को तेरह देशो के एक हजार प्रतिनिधियो की उपस्थिति में वन्य जीव शीधकर्ता डां के के शर्मा ने अंशु जम्सेन्पा को पुरस्कार से सम्मानित किया

भारत उसे इनडो जिम टेक्नोलाँजी सेंटर के उन्नयन के लिए लगभग तीस लाख डाँलर का अनुदान देगा इसके अलावा भारत जिम्बाब्वे में महात्मा गांधी सम्मेलन केद्र के निर्माण के लिए सहायता भी उपलब्ध करायेगा

आज का अधिकतम तापमान तेइस दशमलव पाच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान शून्य दशमलव छह मिलीमीटर बारिस दर्ज की गई